बिहार भाजपा के कई नेता लेंगे भाग राजधानी पटना सहित प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में देर रात तेज आंधी के साथ बारिश हुयी हिमालय क्षेत्र में उठे तूफान के कारण यह असर देखा गया है तेज हवा और मूसलाधार बारिश से अररिया जिले में कई कच्चे मकान ध्वस्त हो गये और विद्युत व्यवस्था ठप्प हो गयी है इधर कैमूर औरंगाबाद और नवादा जिलों में भी आंधी से नुकसान हुआ है

बारिश के कारण अधिकतम तापमान में लगभग पांच से सात डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है इधर मौसम विभाग ने आज वैशाली समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है इसके साथ ही विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आकाश में बादल छाये रहने और कहीं कहीं हल्की बूंदा बांदी का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिये आज नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में मतदान अठाइस मई को होगा और मतों की गिनती इकतीस मई को होगी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि पावापुरी और बेतिया मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगले सत्र के पहले मान्यता दे देगी श्री चौबे ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुये कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार के साथ बातचीत हुयी है राज्य सरकार चिकित्सकों की कमी दूर करने और आवश्यक सुविधा मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है केंद्र सरकार की सहायता राज्य में पांच नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने पटना में बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की महासभा को संबोधित करते हुये कहा कि मध्यबनी वैशाली भोजपुर और सीतामढ़ी में नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे इसके लिये केंद्र सरकार ने राशि आवंटित कर दी है श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य में छिहत्तर सौ पारा मेडिकल सात हजार एएनएम और छह सौ डॉक्टरों के पद सृजित किये गये हैं साथ ही पांच सौ अंठावन दंत चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गयी है राज्य सरकार ने पोषाहार की गुणवत्ता मे सुधार लाने के लिये आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रक पोषाहार की राशि में वृद्धि की है योजना के तहत छह से बहत्तर महीनों के बच्चों को पोषाहार के लिये प्रतिदिन नौ रूपये की जगह अब बारह रूपये मिलेंगे वहीं गर्भवती महिलाओं को सात रूपये की जगह नौ रूपये पचास पैसे दिये जायेंगे इधर ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी प्रतिक्षा सूची से आयोग्य परिवारों का नाम हटाने का निर्देश दिया है

इधर बंजारा जनजाति के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जायेगा इसके लिये विभाग ने सभी जिलों के आवासहीन परिवार का सर्वे कराने का निर्देश दिया है राज्य के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा के लिये सत्रह मई को नवनियुक्त रजिस्ट्रारों की राजभवन में बैठक होगी राजभवन ने इस बारे में सभी विश्वविद्यालय को पत्र भेजा है इधर नवगठित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में डीन की नियुक्ति आज की जायेगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिये ऑनलाइन सेवा विस्तार करते हुये व्यू पेंशन पासबुक सेवा की शुरूआत की है इसके तहत पेंशनर अब एप से अपने पेंशन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे क्षेत्रीय आयुक्त एस के झा ने बताया कि यह सेवा उमंग एप के माध्यम से शुरू की गयी है व्यू पासबुक विकल्प को क्लिक करने पर संबंधित पेंशनभोगी को पीपीओ नम्बर और अपने जन्म तारीख को दर्ज करना पड़ेगा क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि इन जानकारियों का सफल सत्यापन हो जाने के बाद संबंधित पेंशनभोगी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी भेजा जायेगा

रिजल्ट देखने के लिये छात्रों को अपने रौल नम्बर और रजिस्ट्रेशन नम्बर देना होगा वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा आज से शुरू हो रही है

परीक्षा में लगभग अठारह हजार छात्र शामिल हो रहे हैं कदाचारमुक्त परीक्षा के लिये व्यापक प्रबंध किये गये हैं पटना सहित बीस जिलों में बाईस परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं चालू वित्तीय वर्ष में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये पच्चीस हजार एकड़ में जैविक खेती कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है पटना में राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के लिये पांच हजार रूपये का अनुदान दिया जा रहा है इसी तरह एक दो और तीन हजार मीट्रिक टन वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के लिये लागत मूल्य का चालीस प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है श्री कुमार ने बताया कि बक्सर से भागलपुर के बीच गंगा किनारे के बारह जिलों में जैविक कॉरिडोर को विस्तारित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दो हजार उन्नीस लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की जायेगी संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिये बुलायी गयी बैठक में भाग लेने के लिये बिहार भाजपा के कई दिग्गज नेता नई दिल्ली पहुंच गये हैं

शिक्षा विभाग ने इन प्रखण्डों की सूची जारी कर दी है यह व्यवस्था इस वर्ष से शुरू की जा रही है इसके लिये शिक्षा निगम बनाये गये हैं सरकार ने निगम को सौ करोड़ रूपये आवंटित किये हैं वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में पचास हजार छात्रों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है राजगीर में सोलह मई से शुरू होने वाले मलमास मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है राजस्व और भूमि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जिला प्रशासन की ओर से मलमास मेला एप लॉच किया गया है देश विदेश के श्रद्वालू इस एप के जरिये मेले से संबंधित जानकारी ले सकते हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आज से रणधीर वर्मा अंडर नाईटीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है यह प्रतियोगिता राज्य के पांच जोनल केंद्रों पर खेली जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है विश्वविद्यालय सेवा आयोग अपने गठन के बाद करेगा नियुक्ति कॉलेजों में दस हजार शिक्षकों की भर्ती शीघ्र दैनिक जागरण ने लिखा है एससी एसटी एक्ट को नौवीं अनुसूची में लाने की तैयारी एक्ट को न्यायिक समीक्षा से अछूता रखने को मानसून सत्र में आयेगा विधेयक दैनिक भास्कर की सुर्खी है छह राज्यों में आंधी पानी से अड़तालीस की मौत पटना में रात एक बजे तेज आंधी बूंदाबांदी कई घंटे बिजली गुल वैशाली समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में आंधी पानी व बारिश का अलर्ट प्रभात खबर ने लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा पावापुरी व बेतिया मेडिकल कॉलेजों को जल्द मिलेगी एमसीआई की मान्यता राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है पेरोल की समाप्ति पर आज रांची जायेंगे लालू

बिहार भाजपा के कई नेता लेंगे भाग